मकर संक्रांति पर प्रदेशभर में पवित्र नदियों के संगम पर श्रद्दालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया घुघुतिया पर्व आज मनाया जा रहा है सेना दिवससेनाध्यसक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा सीमा पर आतंकी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में आये युवाओं ने इन्टरनेट सुविधा के विस्तार पर जोर दिया था श्री रावत ने कहा कि पिछले कुछ समय में सरकार ने इसके लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं

आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इन वाहनों को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मंतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन करने के साथ ही प्रशिक्षण देना और जागरूक करना भी है यह अभियान एक महीने तक चलेगा गौरतलब है कि वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिससे मतदाता यह देख सकते हैं कि उनका वोट किस प्रत्याशी को गया है वीवीपैट की प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए प्रदेश के सभी गांवों में वाहन भेजे जा रहे हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए दो दो वाहन लगाए गए हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में तीन वाहन भी लगाए गए हैं इनका पूरा रूटचार्ट तैयार किया गया है स्लग एंग्लिंग स्कीम चमोली जिले में मत्स्य सहकारिता को बढ़ावा देने लघु और सीमांत कृषकों के मछुआ समुदाय के आर्थिक और सामूहिक विकास के लिए एंग्लिग की नई स्कीम शुरू की गई है

उन्होंने मत्स्य और पर्यटन विभागों को आपसी समन्वय से फिश एग्लिंग के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं

पौड़ी में पौराणिक डाडामंडी गेंद मेले में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने पौड़ी टिहरी जिलों को जोड़ने वाले सिंताली पुल को ऑल वेदर रोड से जोड़ने और एशियन बैंक के तहत निर्माण कराये जाने की बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी गई है उन्होंने बताया कि चीड़ को अभिशाप के बजाय वरदान में तब्दील करने के लिए इंडोनेशिया से तकनीकि सहयोग लिया जाएगा

श्री रावत ने कहा कि किसानों और काश्तकारों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की

केंद्र सरकार के चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के सहयोग से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है

बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वाली बाल फिल्में दिखाई जाएंगी जिनमें गद्द काफल हैप्पी मदर्स डे पप्पू की पगडंडी आदि फिल्में शामिल हैं इसके अलावा बच्चों को आपदा प्रबन्धन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी स्लग मकर संक्रांति बागेश्वर आज मकर संक्रांति पर प्रदेशभर में पवित्र नदियों के संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश में स्नान के लिए दूसरे राज्यों से भी श्रद्वालु पहुंचे बागेश्वर में सरयू गोमती और विलुप्त सरस्वती के पावन संगम पर मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों श्रद्वालुओं ने स्नान किया तड़के सुबह से ही लोग स्नान के लिए पहंचने लगे कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने पूरे उत्साह के साथ पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई मकर संक्रांति से माघ मास के तीन दिनों का विशेष महत्व माना गया है इन तीन दिनों में भक्त संगम तट पर स्नान कर बाबा बागनाथ का जलाभिषेक करते हैं अधिकांश श्रद्वालू तीन दिनों का उपवास रखते हैं जिसे त्रिमाधी के नाम से जाना जाता है

उत्तरायणी के पावन पर्व पर आज बागेश्वर के सरयू बगड़ में राजनीतिक दलों ने जनता को संबोधित किया केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी केन्द्र सरकार द्वारा जनहित कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी स्लग संक्रांति और घुघुती चंपावत जिले में भी मकर संक्रांति के अवसर पर ब्यानध्रा पूर्णागिरि रामेश्वर पंचेश्वर आदि मंदिरों में श्रद्वालुओ ने रात्रि जागरण के बाद शारदा सहित विभिन्न संगम तटों में स्नान किया इस मौके पर जिले के ब्यानधुरा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञात वास के समय पांडव यहां पर कुछ समय ठहरे थे लोग तब से न्याय देवता ब्यानधुरा की पूजा अर्चना करते हैं वहीं कुमाऊं मंडल में बच्चों का पसंदीदा त्योहार घुघुतिया भी धूमधाम से मनाया गया त्योहार से एक दिन पहले महिलाएं बच्चे बड़े और बुजुर्ग घरों में घुघुते बनाते हैं घुघुते बनाने के लिए आटे में तिल सूजी घी दूध के साथ गुड़ के पानी से गूंथकर तरह तरह के आकार में घुघुती बनाई जाती है त्योहार के दिन कौओं को घुघुती खिलाई जाती है इसके बाद घुघुती की माला बनाकर बच्चे गले में पहनते हैं

इस मौके पर नई दिल्ली में सैन्याकर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी

सेनाध्यक्ष ने सैनिकों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय बेहद चौकस रहने को कहा वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को श्भकामनाएं दी हैं

यह त्योहार देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है इसे तमिलनाडु में पोंगल गुजरात में उत्त्रायण असम में भोगाली बीहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम महाक्म्भ आज प्रयागराज में शुरू हो गया कुम्भ में स्वच्छता बनाये रखने के लिये एक लाख बीस हजार शौचालय बनाये गए हैं

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मुख्यमंत्री नई टिहरी में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का शुभारम्भ करेंगे